कृश्ती कबड़डी बैडमिंटन में भी पदक की उम्मीदें बढी

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लोग नरेन्द मोदी ऐप और माय जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

काल सेन्टर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये काल सेन्टरों को अपग्रेड करने के निर्देश दिये गये है इसके लिए काल सेन्टरों में कार्यरत कार्मिकों की संख्या और संसाधन बढ़ाने के लिए कहा गया है ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आईसीपी केशरी ने कल जबलपुर में बिजली कंपनियों के कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि उपभोक्ता शिविरों में सरल बिजली स्कीम के लिए अलग से विशेष काउंटर लगाये जाए

जयंती पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर शंकरदयाल शर्मा की सौंवी जयंती के मौके पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी भोपाल के रेतघाट स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय डाक्टर शंकरदयाल शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष पूरी श्रद्धा और आदर के साथ मनाया जाएगा इसके लिये शासन द्वारा प्रेरणा दायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा श्री चौहान ने कहा कि लोकमाता स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया का भी जन्मशताब्दी वर्ष है उन्होंने भारतीय जनसंघ को नयी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी उनका जन्मशताब्दी वर्ष भी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जा रहे सात शहरों भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन सागर और सतना में भी स्वर्गीय अटलजी के नाम पर विश्व स्तरीय पुस्तकालय स्थापित किये जाएगें इन्हें युवाओं के लिए कोचिग शोध और सामाजिक चिंतन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा प्रचार अभियान केन्द्र और राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये जनसंपर्क विभाग द्वारा शुरू किये गये प्रचार अभियान के तहत कटनी जिले में छह प्रचार रथ लोगों को जानकारी देंगे इनके माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा

शाही सवारी आगरमालवा जिले में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी कल निकाली जाएगी परंपरागत रूप से निकलने वाली इस शाही सवारी में आस पास के ग्रामीण अंचलों से झांकियां अखाड़े बैन्ड झंडा मंडलियां शामिल होंगे सवारी के विशेष आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा जिले में अवकाश घोषित किया गया है वहीं श्रद्धालुओं के सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये है

श्री चौहान अपनी यात्रा के दौरान रोड शो कर जन सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री झाबुआ जिले के जोबट उदयगढ और राणापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पारा और थांदला भी पहुंचेगी कांग्रेस आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी पैसे के दुरूपयोग का आरोप लगाया है आज नरसिंहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से जन आर्शीवाद यात्रा निकाल कर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे है उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों को गन्ना फसल के लिये अनुदान देने के साथ ही उनका कर्जा भी माफ किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नाम पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है वहीं प्रदेश में उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कल सागर जिले में गढाकोटा सहित कई स्थानों पर न्याय यात्रा के अंतर्गत सभाओं को संबोधित करेंगे एशियाई खेल इंडोनेशिया के जर्काता में चल रहे अठारहवें एशियाई खेलों में आज भारत ने पदक तालिका में अपना खाता खोलते हुए कास्य पदक हासिल किया

कबड्डी में भी भारतीय टीम ने बांगलादेश और श्रीलंका को हराते हुए अपना विजयी अभियान जारी रखा

वहीं भारत के स्टार पहलवान सुशील कुमार बहरीन के पहलवान से अपना मुकाबला हार गये बैडमिंटन में पुरूष टीम क्वाटर फायनल में पहुंच गयी है

मौसम विभाग के अनुसार इंदौर उज्जैन होशंगाबाद भोपाल जबलपुर संभाग में अनेक स्थानों पर वहीं सागर रीवा शहडोल ग्वालियर और चंबल संभाग में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है राजधानी भोपाल में बादल छाये रहने के साथ शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है

शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बारिश का दौर जारी है पिछले एक सप्ताह से बाणसागर बांध के जलस्तर में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है

प्रदर्शनी मे ऐतिहासिक प्राकृतिक पुरातात्विक और स्थानीय संस्कृति पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शित किये गये है